लोकसभा चुनाव के शेष बचे चरणों के लिये प्रचार जोरो पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जौनपुर चित्रकूट और प्रतापगढ़ में वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चित्रकूट में की चुनावी जनसभाएं लोकसभा च्नाव के सातवें चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल शाम समाप्त आज नामांकन पत्रों की होगी जांच दो मई तक प्रत्याशी ले सकेंगे नाम वापस लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने बताया कि इन सभी सीटों पर शाम छह बजे तक लगभग अट्ठावन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया इस चरण में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर संसदीय सीटें शामिल है

इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भाजपा के रामशंकर कठेरिया प्रदेश सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी और साक्षी महाराज कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और श्रीप्रकाश जायसवाल शामिल है

कन्नौज सहित जगह ईवीएम में खराबी के चलते मतदान बावित हथा जिससे मतदाताओं में रोष तथा मायूसी दोनों देखे गए हालांकि निर्वाचन कर्मियों द्वारा खराबी को तत्काल दूर कर दिया गया उधर सपा नेताओं ने ईवीएम में खराबी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है

आकाशवाणी समाचार के लिए कन्नौज से मैं मुल्तान सिंह यादव इन तेरह संसदीय क्षेत्रों में सत्रह हजार ग्यारह मतदान केन्द्र और सत्ताईस हजार पांच सौ सोलह मतदेय स्थल बनाये गये थे लखीमपुर खीरी की खीरी लोकसभा सीट के साथ साथ निघासन विधानसभा सीट पर उप चुनाव भी सम्पन्न हुआ वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश में दो चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे श्री मोदी पहले बहराइच में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में भी लोगों को सम्बोधित करेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सेः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे पहले बहराइच पहुंचेगे जहां वो दोपहर बाद भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को प्रधानमंत्री का बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में भी एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है धौरहरा में बहजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती और वरिष्ठ भाजपा नेता तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजवब्बर संत कबीर नगर में रैली करेगे तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लखनऊ में प्रमोद कृष्णम के पक्ष में प्रचार करेंगे

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की संसदीय सीटों के लिये भी चुनाव प्रचार चरम पर है कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभायें कर बोट मांगे कॉप्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने चित्रकूट में अपने प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि कॉग्रेस की सरकार बनते ही बांदा और चित्रकूट में तरक्की के दरवाजे खोल दिये जायेंगे पांचवें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं इस चरण के लिये मतदान छ मई को होगा समाजवादी पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है पार्टी ने कल इसकी औपचारिक घोषणा करते हए बताया कि पूर्व सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज बहादुर यादव को सप बसपा गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में हैं इससे पहले सपा ने शालिनी यादव को इस सीट से मैदान में उतारा था प्रदेश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में चौदह सीटों पर एक सौ चौहत्तर उम्मीदवार मैदान मे हैं इस चरण में सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकरनगर श्रावस्ती डुनरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही संसदीय सीटें शामिल हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हे बसपा और रालोद का समर्थन प्राप्त है उनका मुकाबला तेरह अन्य उम्मीदवारों से है इसी चरण में सुल्तानपुर से केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं उनका मुकाबला चौदह अन्य प्रत्याशियों से है इमरियागंज सीट से भाजपा के जगदम्बिका पाल चुनाव लड़ रहे हैं उनका मुकाबला छह अन्य उम्मीदवारों से है वहीं जौनपुर क्षेत्र में भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह का मुकाबला कांग्रेस के देवव्रत मिश्र और बसपा के श्याम सिंह यादव सहित तेरह अन्य उम्मीदवारों से है जौनपुर के मछलीशहर सुरक्षित क्षेत्र से भाजपा के बीपीसरोज बसपा के त्रिभुवन राम और तेरह अन्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इस चरण में दो करोड़ तिरपन लाख से अधिक मतदाता हैं मतदान बारह मई को होगा लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिये प्रचार जोरों पर है सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल प्रतापगढ़ में आयोजित चुनावी जनसभा में मोदी सरकार की उपलक्षियों को गिनाते हुए जनता से दोबारा भाजपा की सरकार बनाने की अपील की श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है जिसके कारण देश में कही भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है भाजपा अध्यक्ष ने चित्रकूट में जनसभा में कहा कि अब उत्तर प्रदेश बदल गया है योगी सरकार में कोई बाहुबलियों से नहीं डरता है प्रदेश की जनता निडर होकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही है श्री शाह ने जौनपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन पर जमकर प्रहार किया भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ के कूंडा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा में कहा कि देश एक बार फिर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सारे गठबंधन समाप्त हो जायेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अपनी टिप्पणी के लिए न्यायालय की अवमानना के मामले में जारी नोटिस का कल जवाब दाखिल किया भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने यह मामला दायर किया था शीर्ष न्यायालय ने इस महीने की तेईस तारीख को राहल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था कल लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था इस चरण में महराजगंज संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के लिये भाजपा उम्मीदवार पंकज चौधरी सहित इक्कीस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया जिसमें एक किन्नर पूनम भी शामिल है मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट पर कल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अतुल कुमार अंजान सहित तेरह लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं कुशीनगर संसदीय सीट के लिये पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया जिनमें पीस पार्टी के हाजी उस्मान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के उम्मीदवार सफी अहमद शामिल हैं बलिया सीट के लिये नौ और सलेमपुर सीट के लिये नौ उम्मीदवारों ने पर्व दाखिल किये कल बलिया से गठबंधन उम्मीदवार सनातन पाण्डेय ने नामांकन दाखिल किया वहीं मिर्जापुर में ग्यारह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये इस सीट से भाजप अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नामांकन किया

वहीं आगरा में उत्तरी विवानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव के लिये भाजपा के पुरूपोत्तम खंडेलवाल कांग्रेस के रणवीर शर्मा और गठबंधन प्रत्याशी सूरज शर्मा ने नामांकन दाखिल किया आज नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि दो मई को नाम वापसी का अंतिम दिन है

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि विकासशील देशों में अनेक सार्थक कार्य किये जा रहे है लेकिन मीडिया में उनको कवर नही किया जा रहा